मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें राज्य की छह नगर निगमों में महापौर पद के लिये आज लोकसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया कल नामांकन पत्र पेश करने का अंतिम दिन है भाजपा तथा कांग्रेस ने जयपुर हैरिटेज तथा कोटा दक्षिण में अपने अपने बोर्ड बनाने के लिये निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है मुख्य सचेतक महेश जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि आज रात या कल सुबह तक जयपुर हैरिटेज के लिये कांग्रेस के महापौर और उप महापौर प्रत्याशी का चयन कर लिया जायेगा

और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रकाशन होगा चुनाव चार चरणों में होंगे

राज्य सरकार ने दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री ने इस अतिरिक्त वित्तीय भार को मंजूरी दे दी है

जिसे अब पूरा करने का निर्णय लिया गया है

राज्य सरकार और आंदोलनकारी गुर्जरों के बीच आज भरतपुर के पीलूपुरा में वार्ता हुई राज्य सरकार के प्रतिनिधि आईएएस नीरज के पवन ने गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की

इसके मद्देनजर क्षेत्र में कडी सुरक्षा व्यवस्था की गई है

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन चलाया जा रहा है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

बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान में स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में मास्क बांटे गये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एम एल लाठर ने आज पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सम्भाल लिया

श्री लाठर सिरोही समेत कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे हैं कार्यग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों के सहयोग से वे आमजन की पुलिस के प्रति अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कमजोर वर्गो और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों तथा साईबर क्राइम की रोकथाम विशेष प्राथमिकता रहेगी अन्य अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए भी सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे जयपुर में आज से ई चालान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने किया उन्होंने बताया कि एनआईसी तथा भारतीय स्टेंट बैंक के सहयोग से शुरू किये गये इस प्राजेक्ट के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरूद्व कार्यवाही को चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज किया जायेगा इस प्रकिया में डेबिट कार्ड केडिट कार्ड तथा यूपीआई के माध्यम से वाहन चालक कैशलेस भूगतान कर सकेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हुए हमले की निन्दा की है आज सुबह मुम्बई में टी वी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए श्री जावडेकर ने राज्य सरकार द्वारा प्रेस के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि यह घटना आपातकाल की याद दिलाती है जब पत्रकारों के साथ इसी तरह का व्यवहार हआ था भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने भी श्री गोस्वामी को गिरफ्तार करने को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह मीडिया की आवाज को दबाया जाना अनुचित है राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने भी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की निंदा की है